अधिकारिक सूत्रों के अनुसार सियांग नदी खतरे के निशान से उपर बह रही है जिला प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों आपदा प्रबंधन और संबद्ध विभागों से स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है उन्होंने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रुप से स्थिति की निगरानी करने और खतरे वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने के निर्देश दिये है सिकु ब्रीज के पास भूस्खलन से इस पुल को खतरा पैदा हो गया है और जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर भारी वाहनों को पुल से गुजरने पर रोक लगा दिया है जल संसाधन विभाग के कर्मचारी दिल बहादुर ठाकुरिया ने बताया कि आज सुबह से सियांग नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है उन्होंने कहा कि सियांग नदी खतरे के निशान से करीब एक सेंटीमीटर ऊपर बह रही है राज्य में जपनिस एन्सेफ्लाईटिस के सात मामलों की पुष्टि की गई है तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान के चिकित्सक डॉ लोबसांग जाम्पा के अनुसार सबसे अधिक पांच मामले ईस्ट सियांग जिले में दर्ज किए गए है जबकि अपर सुबनसिरी और पापुम पारे जिले के एक एक मरीज जपनिस एन्सेफ्लाईटिस पॉजीटिव पाए गए हैं उन्होंने बताया कि तिरप चांगलांग लोंगडिंग नामसाई और लोहित जिले से अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है श्री जाम्पा ने कहा कि जपनिस एन्सेफ्लाईटीस के खतरे वाले इन जिलों से रिपोर्ट आने पर मरीजों की संख्या बढ़ सकती है इधर राज्य सरकार ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सभी जिलों को फॉगींग सहित अन्य आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है राज्य के पर्यटन मंत्री नाकाप नालो ने कहा है कि राज्य की जनजातीय विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटन का मूल आधार है आज राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में नॉर्थ ईस्ट आईडल कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ने प्रदेशवासियों से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन क्षेत्रों के विकास में सहयोग की अपील की राजधानी क्षेत्र के ईटानगर में आज पांचवा सड़क सुरक्षा और यातायात नियम जागरुकता कार्यक्रम श्रुरु हुआ इसका उदघाटन राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने किया इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो सहित कई अधिकारी उपस्थित थे अपने संबोधित में श्री फेलिक्स ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण राज्य अरुणाचल प्रदेश की गरिमा को बनाये रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है श्री फेलिक्स ने राजधानी क्षेत्र में यातायात समस्या को मिलकर हल करने का आह्वान किया राजधानी क्षेत्र पुलिस के एक अधिकारी को कथित रुप से घूस लेने के आरोप में निलंवित कर जांच के आदेश जारी किया गया है राजधानी क्षेत्र पुलिस अधीक्षक त्रम्मे आमो ने बताया कि एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है उन्होंने कहा कि विभाग में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार बर्दास्त नही किया जायेगा उच्चतम न्यायालय ने बच्चों से द्रष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोत्तरी को गंभीरता से लिया है न्यायालय ने कहा कि वह ऐसी घटनाओं के खिलाफ प्रे देश से स्पष्ट प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायालय ने इस बारे में समाचार पत्रों और पत्रों और पोर्टलों में विभिन्न खबरों का स्वतं संज्ञान लेने का फैसला किया है पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी को न्यायामित्र के रुप में नियुक्त किया और उनसे राज्यों को जारी किए जाने वाले दिशा निर्देश तय करने के बारे में सहयोग करने को कहा

पीठ ने उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री को इस मामले को बच्चों से दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोत्तरी शीर्षक से रिट यचिका के रुप में दर्ज करने को कहा और सोमवार को इस बारे में दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया

इसरो पंद्रह जुलाई को तड़के चंद्रयान का प्रक्षेपण करेगा भारत का ये मिशन चंद्रमा की सतह के अभी तक अनजान अनछुए पहलुओं को जानने का प्रयास है

इस तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन स्थानीय विधायक ताना हाली तारा ने किया

उजबेकिस्तान में आगामी पंद्रह जूलाई से इक्कीस जूलाई तक आयोजित होने वाली एशियन कराटे प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश के कराटे खिलाड़ी राजा यांफो और महिला खिलाड़ी जॉनी मांगखिया देश का प्रतिनिधित्व करेंगे राजा यांफो पुरुष वर्ग के साथ किलों भार वर्ग के और जॉनी मांगखिया महिलाओं के अड़सठ किलोभार वर्ग में हिस्सा लेंगी ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित जवाहारलाल नेहरु महाविद्यालय ग्राऊंड में आयोजित जिला स्तरीय सुब्रतों मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता कल संपन्न हो गई प्रुरुष वर्ग में राजकीय उच्चतर विद्यालय मोतुम विजेता रहा जबकि महिला वर्ग में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिले की छात्राओं ने जीत दर्ज किया